लोगों से की शांति और सौहार्द बनाये रखने की अपील

और प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप बढ़ा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर अल्पसंख्यकों को भड़काने का आरोप लगाया है श्री कुमार ने आज गया में अल्पसंख्यकों से अपील की कि वे गुमराह करने वाले लोगों के बहकावे में नहीं आयें उन्होंने कहा कि राज्य में भाईचारा का वातावरण है और आपसी सौहार्द बनाये रखने की जरूरत है मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली यात्रा के तीसरे चरण के तहत गया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि फल्गू नदी को गंदा होने से बचाने के लिये राज्य सरकार सीवरेज प्लांट लगायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चौंतीस हजार से ज्यादा जल स्रोतों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ वाम दलों के बंद के दौरान प्रदेश के कई शहरों में रेल और सड़क यातायात बाधित रहा दानापुर सोनपुर समस्तीपुर और मूगलसराय मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर बंद समर्थकों ने ट्रेनों का परिचालन बाधित किया पटना के राजेन्द्र नगर स्टेशन बक्सर जहानाबाद और बिहारशरीफ स्टेशन पर बंद समर्थकों ने कई घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित किये रखा समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस बंद समर्थकों के प्रदर्शन के कारण कई घंटे तक रूकी रहीं वहीं लहेरियासराय सहरसा दरभंगा और खजौली स्टेशन पर ट्रेनें कई घंटे विलंब से खुली इधर मुजफ्फरपुर में बंद के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने एक दुकान पर पथराव कर दिया जिसके बाद वहां बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया कई स्थानों पर बंद के दौरान आम लोगों के साथ झड़प की भी खबरें सामने आयी हैं खगड़िया में भी बंद के दौरान समाहरणालय रोड पर बंद समर्थकों और स्थानीय लोगों में झड़प हो गयी जिसमें कुछ लोग मामूली रूप से जख्मी हो गये केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केन्द्र सरकार यह प्रयास कर रही है कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को वर्ष में कम से कम एक सौ दिन का अवकाश सुनिश्चित हो सके श्री शाह आज नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल के छप्पनवें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे गृहमंत्री ने सीमापार से घूसपैठ रोकने में अर्द्धसैन्य बलों की भूमिका की सराहना की उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता में सशस्त्र बलों का योगदान अनुकरणीय है साउंड बाईट ये एक डेढ़ साल की अवधि में हम ये स्थिति लाने में हैं कि सीमा सुरक्षा बल का हर एक जवान कम से कम सौ दिन अपने परिवार के साथ रह सके इस प्रकार का एक आयोजन भी गृह मंत्रालय कर रहा है सशस्त्र सीमा बल के हर केडर में बड़ी संख्या में भर्ती करने का अनुमोदन भी भारत सरकार ने किया है

इधर मुजफ्फरपुर में भी एसएसबी की बटालियन ने समारोहपूर्वक स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया एसएसबी के पटना स्थित बिहार सीमांत मुख्यालय को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये सर्वश्रेष्ठ बटालियन का पुरस्कार प्रदान किया गया गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा और अवैध वस्तुओं की जब्ती के अलावा आपदा राहत कार्य में बेहतरीन प्रदर्शन के लिये भी एसएसबी बिहार को पुरस्कृत किया ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास पर ध्यान दिये बिना पूरा नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा कि गांवों और शहरों के जीवन स्तर में मौजूद अन्तर को दूर करना समय की मांग है श्री तोमर ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक गांव में आध्रनिक तकनीक से लैस सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया जाना चाहिए

महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के उपलक्ष्य मे आयोजित स्मारक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि गांधी और अम्बेडकर दोनों ने हिंसा का हमेशा विरोध किया और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे

उन्होंने स्वयं ने अन्याय सहन किया परंतु दूसरे पर अन्याय करने की कोशिश नहीं करने दिया इसी प्रकार से महात्मा गांधी ने भी देश की आजादी की लडाई लडी देश की जनता की भलाई के लिए सारा जीवन खपा दिया उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है आज डिहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पटना और गया का न्यूनतम तापमान सात दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया पटना गया मुजफ्फरपुर सुपौल फारबिसगंज भागलपुर और पूर्णिया में अत्यधिक ठंड के कारण आज कोल्ड डे की स्थिति बनी रही मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान पटना गया भागलपुर पूर्णिया समेत पूरे प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी इधर बढ़ते ठंड के मद्देनजर रोहतास और दरभंगा जिला प्रशासन ने बाईस दिसम्बर तक सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित रखने के आदेश दिये हैं भागलपुर जिला प्रशासन ने भी सभी स्कूलों को कल बंद रखने के निर्देश दिये हैं शेखप्रा जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए सभी स्कूलों को सुबह दस बजे से अपराहन तीन बजे तक ही संचालित करने के आदेश दिये हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि केन्द्र सरकार बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिये प्रतिबद्ध है श्री चौबे ने आज पटना स्थित एम्स के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये उन्होंने कहा कि लोगों तक स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी भारतीय रोड कांग्रेस का तीन दिवसीय अधिवेशन आज से पटना में शुरू हो गया पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने अस्सीवें अधिवेशन के तकनीकी सत्र का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि अधिवेशन में प्रदर्शित नई तकनीकों का राज्य में चल रहे पुल और सड़कों के निर्माण कार्य में प्रयोग किया जायेगा भारतीय रोड कांग्रेस में पंचानवे कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाये हैं और देश विदेश के ढाई हजार प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय रोड कांग्रेस देश में हाईवे इंजीनियरिंग की सर्वोच्च संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष उन्नीस सौ बत्तीस में की गयी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल भारतीय रोड कांग्रेस के अधिवेशन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र अंतर्गत कमतौल ग्रामीण बैंक से अपराधियों ने तेरह लाख रूपये लूट लिये पुलिस उपाधीक्षक पश्चिमी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दो की संख्या में आये हथियार बंद अपराधियों ने बैंक के कैशियर और मैनेजर को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रही है लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात नक्सली फंट्स यादव को गिरफ्तार किया है गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली पकड़े गये नक्सली की विभिन्न आपराधिक मामलों में तलाश थी इधर मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र से तीन और कासिम बाजार थाना क्षेत्र से दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इनके पास से आठ अर्द्वनिर्मित पिस्तौल भी बरामद की गयी है वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंहराय पश्चिमी टोला के एक मकान से पुलिस ने तिरसठ कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुपौल पिपरा मार्ग पर बगही गांव के पास ऑटोरिक्शा पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी और कई अन्य लोग घायल हो गये

लोगों से की शांति और सौहार्द बनाये रखने की ै अपील

और प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप बढ़ा